प्रदेशभर में आयोजित किये जा रहे हैं कई कार्यक्रम मौसम विभाग ने कहा अगले अड़तालीस घंटे में और बढ़ेगी गर्मी

दूसरे से लेकर अंतिम चरण तक के चूनाव के लिये प्रचार कार्य तेज हो गया है अठारह अप्रैल को दूसरे चरण में पांच संसदीय क्षेत्रों पूर्णिया भागलपुर बांका किशनगंज और कटिहार में मतदान होना है इन क्षेत्रों में सोलह अप्रैल की शाम से चुनाव प्रचार थम जायेगा दूसरे चरण के लिये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार किशनगंज और पूर्णिया में चुनावी सभाओं को संबोधित किया जबकि राजद के तेजस्वी यादव ने बौंसी बेलहर बाराहाट में चुनावी सभाओं को संबोधित किया राजद उम्मीदवार शरद यादव ने मधेप्रा में अपने पक्ष में चुनाव प्रचार किया जबकि एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज में अपने पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया दूसरे चरण में निवर्तमान सांसद बुलो मंडल और तारिक अनवर सहित कई प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा जहां पच्चासी लाख बावन हजार दो सौ चौहत्तर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे इसके लिये आठ हजार छह सौ चौवालीस मतदान केंद्र बनाये गये हैं चुनाव आयोग के निर्देश पर इन क्षेत्रों में अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती शुरू कर दी गयी है इधर अन्य चरणों के चुनाव के लिये भी दलों ओर गठबंधनों ने चुनावी सभाओं के कार्यक्रम तय कर दिये हैं भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीस अप्रैल को अररिया में और चौबीस अप्रैल को दरभंगा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चौबीस अप्रैल को मुंगेर बेगूसराय और उजियारपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बीस अप्रैल को सुपौल में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे पटना जिले के खगौल में आदर्श आचार संहित के उल्लंघन के मामले में राज्य सरकार के मंत्री प्रेम कुमार समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है दानापुर के अंचलाधिकारी ने बताया कि रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान आचार संहित के उल्लंघन पर मंत्री के साथ रामनवमी शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष अनामिका सिंह और शोभा यात्रा के संयोजक अशुतोष कुमार श्रीवास्तव पर खगौल थाने में मामला दर्ज कराया गया है वहीं अररिया जिले में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है इधर पटना जिले के अथमलगोला क्षेत्र के चार सौ पचास लोगों के विरूद्व भारतीय दंड विधान की धारा एक सौ सात के अंतर्गत कार्रवाई की गयी है पुलिस ने बताया कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने के लिये यह कार्रवाई की गयी है भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर को आज उनकी एक सौ अठाईसवीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी जा रही है वर्ष अठारह सौ इक्यानवे में इसी दिन डॉक्टर आम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था इस अवसर पर देश और प्रदेश में कई समारोह आयोजित किए जा रहे हैं नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य राजनेता पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन और विचारों से प्रेरणा लेकर उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने की अपील की है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गया जिले में सभी हथियारों के लिए अठारह अंकों का विशेष यूआईएन नंबर जारी किया है इस नंबर को लेने की समय सीमा इकतीस मार्च को खत्म होने के बाद मंत्रालय ने यूआईएन कोड नहीं लेने वाले सभी हथियारों को अवैध घोषित कर दिया है

प्रदेश में गर्मी ने तेजी से दस्तक दी है मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पूरे प्रदेश में अगले अड़तालीस घंटे में गर्मी बढ़ेगी और पारा बयालीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है कल राजधानी का अधिकतम तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से तीन डिग्री अधिक है विभाग ने आज पूर्णिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश की आशंका जतायी है गया राज्य का सबसे अधिक गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान इकतालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया यह सामान्य से दो डिग्री अधिक है मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि सत्रह अप्रैल को पटना समेत पूरे राज्य में गरज के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होगी कहीं कहीं तेज आंधी के साथ ओला भी गिरने की संभावना है इसके बाद अधिकतम पारा गिरेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी वहीं राज्य में भीषण गर्मी से भू जल स्तर घटने से कई क्षेत्रों में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी है जमुई दरभंगा वैशाली और नवादा में जलस्तर दो से पांच फीट तक नीचे चला गया है जमुई के सात प्रखंडों में पांच फीट तक जलस्तर नीचे पहुंच गया है जिससे आमजन और मवेशियों को पानी की समस्या हो गयी है क्षेत्र के अधिकतर नदी कुए और तालाब सूख गये हैं पटना में खेली जा रही राज्य अंडर थर्टीन शतरंज प्रतियोगिता के प्रथम दो चक्रों के बाद बालक वर्ग में मुजफ्फरपूर के अमृत और अनुराग पटना के विशाल शिवम और देवराज समेत बारह खिलाड़ी शीर्ष पर हैं वहीं बालिका वर्ग में मुजफ्फरपुर की मरियम फातिमा अमिषा पटना की अदिबा और अभिलाषा शीर्ष पर चल रही हैं छपरा में खेली जा रही रणधीर वर्मा अंडर नाईंटीन क्रिकेट प्रतियागिता में सारण ने शिवहर को एक सौ उनचालीस रनों से हरा दिया आज सारण और सीतामढ़ी के बीच मुकाबला खेला जायेगा पटना में खेले जा रहे जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप के प्ररूष एकल वर्ग में टॉप सीड तबरेज यश अमन और आकाश ने अपने अपने मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में खेल का सामान खरीदने के लिये राज्य सरकार ने पच्चीस सौ सैंतीस विद्यालयों में राशि भेज दी है विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक स्कूल को तीन हजार और मध्य विद्यालय को पांच हजार रूपये दिये गये हैं राज्य सरकार पटना के बाद अब नालंदा बेगूसराय समस्तीपुर और वैशाली में भी सब्जियों की बिक्री करेगी सहकारिता विभाग के अनुसार चुनाव आचार संहिता हटने के बाद यह कार्य शुरू कर दिया जायेगा जहानाबाद जिले के घोषी थाना क्षेत्र अंतर्गत ठिकरौर गांव के एक खेत में छिपाकर रखे गये दो आईईडी बम को पुलिस ने बरामद कर लिया जिसे बाद में इसे निष्क्रिय कर दिया गया समस्तीपुर जिले में एक अनियंत्रित ट्रक ने पांच लोगों को कुचल दिया जिसमें दो लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गयी वहीं सारण जिले के बनियापुर प्रखंड के सहाजीतपुर थाना क्षेत्र के मेढुकाकला गांव में पिस्तौल की छिनाझपटी में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गयी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है पटना जिले के मसौढ़ी में गेहूं के खेत में आग लग जाने से सैंकड़ों एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गयी वहीं बक्सर जिले में गेहूं काटने के दौरान हार्वेस्टर से निकली चिंगारी से आग लग जाने के कारण दो सौ बिगहे में लगी फसल जलकर राख हो गयी केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी ने कहा है कि विश्वविद्यालय के छात्र दो रूपये का शुल्क जमा कर अपनी उत्तर प्रस्तिका के पहले पन्ने पर दर्ज अंकों की जांच करा सकते हैं आयोग ने कहा है कि सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत कोई भी विश्वविद्यालय इससे इंकार नहीं कर सकता है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने चढ़ते पारे को प्रमुख खबर बनाया है शीर्षक दिया है पटना का पारा चालीस पर चैत में ही बन रहे लू के हालात दैनिक जागरण का शीर्षक है राफेल विमान सौदे पर घेरने की कांग्रेस ने की एक और कोशिश दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये शीर्षक दिया है जब वन रैंक वन पेंशन दी है तो सेना का गौरव गान क्यों नहीं प्रभात खबर ने नीतीश कुमार के बयान को सुर्खी दी है समाज में कट्रता व तनाव उत्पन्न कराना चाहते हैं विरोधी और अब अंत में मुख्य समाचा दूसरे चरण के चुनाव के लिये प्रचार अभियान हुआ तेज

प्रदेशभर में आयोजित किये जा रहे हैं कई कार्यक्रम मौसम विभाग ने कहा अगले अड़तालीस घंटे में और बढ़ेगी गर्मी